प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि केन्द्र सरकार का मूल ध्येय देश को विकास की नई ऊँचाईयों पर पहुंचाना है और इस दिशा में आम नागरिकों की मूलभूत जरूरतों को ध्यान में रखते हुए व्यापक स्तर पर योजनाएं संचालित को जा रही है श्री मोदी प्रदेश के दो दिवसीय दौरे के पहले दिन आज आजमगढ़ में पूर्वाचल एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखने के बाद विशाल जन समूह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की आधारशिला प्रदेश के विकास में एक नये अध्याय के जुड़ने की शुरूआत है इससे प्रदेश के विकास को नहीं दिशा और गति मिलेगी उन्हाने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बनने से कनेक्टिविटी में वृद्धि होगी जिससे रोज़गार के नये अवसर सृजित होंगे उद्यमियों के लिए व्यापार को सुलभ बनाने में और अधिक आसानी पैदा होगी

श्री मोदी न कहा कि पूर्वांचल औद्योगिक कॉरिडोर के तौर पर विकसित होगा तथा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा बाइट पूर्वाचल एक्सप्रेस वे पूरे यूपी विशेष तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की आशाओं और आकांक्षाओं को नई बुलन्दियां देने वाला है

यहां का किसान हो पशु पालक हो मरा बुनकर भाई हो मिट्टी के बर्तनों का काम करने वाला हो हर किसी के जीवन को यह एक्सप्रेस वे नई दिशा देने वाला है नई गति देने वाला है इस रोड के बन जाने से पूर्वाचल के किसान भाइयों बहनों का अनाज फल सब्जी दूध कम समय में दिल्ली की मंडियों तक पहुंच पायेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि विगत चार वर्षो के दौरान देश में राष्ट्रीय राजमार्गो का नेटवर्क दोगुना हो गया है उन्होंने कहा कि बुन्देलखंड में भी एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जायेगा इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व और विकासोन्मुखी मंशा के तहत प्रदेश प्रगति की ओर बढ़ रहा है उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर अनरगल बयान देने की कड़े शब्दों में आलोचना की बाइट यहां पर समाजवाद के नाम पर परिवारवाद को बढ़ावा देना समाजवाद के नाम पर गुंडाराज को बढ़ावा देना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना जिनके कार्य संस्कृति बन चुकी है आज वे लाग विकास की बात जब करते है तो मुझे आश्चर्य होता है मुझे देख कर आश्चर्य होता है कि जिस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के शिलान्यास की बात आज की जा रही है कि ये इसका शिलान्यास पहले हो चुका है यह सीधे सीधे जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ है एक्सप्रेस वे न समाजवाद का होता है न कांग्रेस का होता है यह एक्सप्रेस वे जनता का होगा पूर्वांचल के विकास का एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है आजमगढ़ से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट भीषण गर्मी और उमस के बावजूद एक लाख से अधिक की भीड़ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सुनने के लिए आजमगढ़ के मंद्री हवाई पट़टी पहुंची स्थानीय लोगों के अलावा पूर्वांचल के जिलों से बड़ी संख्या में रैली स्थल पहंचे भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रदेश के पिछड़ेपन के लिए सपा बसपा की पूर्ववर्ती सरकारों को जिम्मेदार ठहराया

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार आजमगढ़ आजमगढ़ के बाद प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहंचे

उन्होंने वाराणसी बलिया मेमो ट्रेन को भी हरी झंडी दिखा कर रवाना किया इस अवसर पर रैली को संबोधित करते हए श्री मोदी ने कहा कि काशी का विकसित करने का प्रयास जारी रहेगा उन्होंने कहा कि वाराणसी स्मार्ट सिटी बन रहा है बाइट भाइयों और बहनों ये जो भी काम आज रहा है वह बनारस को स्मार्ट सिटी में बदलने वाला है यहां इंटीग्रेटेट कमांड और कंट्रोल सेन्टर पर तेजी से काम चल रहा है पूरे शहर के प्रशासन का पब्लिक सुविधाओं का नियंत्रण यहीं से होने वाला है ऐसे लगभग दस प्रोजेक्ट पर आज काम चल रहा है साथियों स्मार्ट सिटी सिर्फ शहरों के इन्फ्रास्टक्वर को सुधारने का अभियान नहीं है बल्कि यह देश को एक नई पहचान देने का मिशन है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर देने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा तकनीकी रूप से दक्ष युवाओं का पंजीकरण चाणक्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार की पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त नीति को आगे बढ़ाते हुए लोक निर्माण विभाग ने यह क्रांतिकारी कदम उठाया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसान नेता राम सकल जाने माने विचारक राकेश सिन्हा प्रख्यात प्रस्तर शिल्पी रघुनाथ महापात्रा और मशहूर शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मान सिंह को राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया है आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक साहित्य विज्ञान कला एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने वाले बारह लोगों को संविधान के प्राविधानों के तहत उच्च सदन का सदस्य बनाया जाता है राम सकल उत्तर प्रदेश के जाने माने समाज सेवी है जिन्होंने अपना जीवन दलित समुदाय के उत्थान क लिए समर्पित कर रखा है वह तीन बार लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित हो चुके हैं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

प्रदेश से आजमीने हज का पहला जत्था आज मदीना क लिए रवाना हो गया सुबह हज यात्रियों की पहली उड़ान की बसों को प्रदेश के मुस्लिम वक्फ़ और हज राज्य मंत्री मोहसिन रजा तथा अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख न लखनऊ स्थित हज हाउस से हरी झंडी दिखा कर रवाना किया पहली उड़ान से कुल तीन सौ हज यात्री मदीना के लिए रवाना हुए है जिनमें एक सौ चौव्वन पुरूष और एक सौ छियालीस महिला यात्री शामिल है इस अवसर पर हज मंत्री मोहसिन रज़ा ने कहा कि इस बार प्रदेश से तकरीबन बत्तीस हजार लोग हज के लिए जा रहे हैं जिनमें से चौदह हजार पांच सौ हज यात्री लखनऊ से रवाना होंगे जबकि शेष यात्री नई दिल्ली और वाराणसी से हज के लिए जायेंगे लखनऊ से उड़ानों का यह सिलसिला उन्तीस जुलाई तक जारी रहेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की उन्तीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपन विचार साझा करेंगे लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माईजीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

केन्द्र तथा प्रदेश सरकार के मंत्री तथा सांसद विधायक सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को बताने तथा उन योजनाओं से लाभ प्राप्त करने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए चौपाल कार्यक्रम कर रहे है इसी कड़ी में चौपाल कार्यक्रम में बस्ती जिले में भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी ने लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें सरकार की योजनाओं से अवगत कराया इस अवसर पर श्री द्विवेदी ने कहा लगातार चौपाल के कार्यक्रम लगा करके माननोय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है प्रधानमंत्री आवास स्वच्छ भारत अभियान उज्ज्वला योजना सौभाग्य योजना आयुष्मान भारत और विभिनन प्रकार की उत्तर प्रदेश सरकार की जो पेंशन योजनाएं है इन सबका लाभ लाभार्थियों को आसानी से मिल जाये और जिनकी कुछ समस्याएं उन समस्याओं का समाधन हो जाएं हमारी सरकार की ये प्राथमिकता है कि आम जन मानस को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से दिलाया जाये और भ्रष्टाचार मुक्त योजना लागू की जाए